बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है इसके लिए छह प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है

बजट प्रस्तावों से राष्ट्र प्रथम किसानों की आय दोगुनी करने मजबूत बुनियादी ढांचा स्वस्थ भारत सुशासन युवाओं के लिए अवसर सबके लिए शिक्षा महिला संशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकलपबद्धता व्यक्त होती है वित्तमंत्री ने बजट अनुमानों में प्रंजीगत बजट में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है

सड़क और राजमार्ग ढांचे में बढ़ोतरी के लिए बजट प्रस्तावों में नये आर्थिक कॉरीडोर बनाने की घोषणा की गई है

इसके लिए एक लाख तीन हजार करोड़ रूपये निर्धारित किए गए हैं

बजट में तीन नई रेलवे परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं

इस बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है

वित्तमंत्री ने कहा कि स्वदेश में निर्मित न्यूमोकोल वैक्सीन को पूरे देश में दिया जायेगा

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज लोकसभा में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट के दिल में किसान व गांव है उन्होंने कहा कि इससे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में विकास का विश्वास भी है और कृषि व स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है नरेन्द्र मोदी ने इस बजट को इस दशक की मजबूत नींव रखने वाला बजट बताया प्रतिक्रिया भाजपा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोन्द्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है शिमला में आज एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य कृषि व शिक्षा जैसे क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है जिसका लोगों को व्यापक लाभ भिलेगा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि केन्द्रीय बजट ने स्वास्थ्य सेवाओं पर पूरा ध्यान रखा गया है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं